गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के फैलने की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के तहत कुछ और सेवाओं को छूट दी है मुख्यमंत्री ने हिन्दपीढ़ी के लोगों से अपील की है कि वे जांच में प्रशासन का सहयोग करें क्योंकि यह जांच उनकी सुरक्षा के लिए की जा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे रविवार पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट के लिए अपने घरों में सभी लाईटें बंद कर दीया टार्च मोमबत्ती और मोबाइल की फ्लैश लाईट जलाकर रोशनी करें प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक होकर कोरोना की वजह से आए संकट से निपट सकता है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में अकेले हैं लेकिन एक सौ तीस करोड़ देशवासियों की सामुहिक शक्ति उनके साथ है उन्होंने गरीबों को इस संकट से निकालने का संकल्प दोहराया

इनमें कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आयूष से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं को लॉकडाउन से छूट की सूची में रखा गया है गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि इन सेवाओ और उनसे संबंधित सामान के प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को अन्य आवश्यक सेवाओं की तरह ही छूट दी जाएगी

नवीनतम आदेशों के अनुसार सरकारी विभागों की सहायता से कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री आयुष के अंतर्गत अस्पताल और उनसे जुड़ी चिकित्सा सेवाओं के साथ ही दवाओं का निर्माण और उनकी पैकेजिंग से जुड़े लोगों को भी छूट की इस श्रेणी में शामिल किया गया है

केन्द्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि महामारी से निपटने के लिए दवाइयों की कोई कमी नहीं है गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले में कालाबाजारी करनेवालों को कड़ी चेतावनी दी है उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यापारी गिरिडीह में महंगी दर पर कोई सामान बेचेगा तो उसे जेल जाना होगा जानकारी के अनुसार पूर्ण तालाबंदी के कारण कई व्यापारी ऊँचे दाम पर सामान बेच रहे हैं इनपर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं बड़े व्यापारियों के स्टॉक की नियभित जाँच जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉ सुदेश कर रहे हैं वहीं उड़नदस्ता का भी गठन किया गया है कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की वजह से सीबीएसई परीक्षाएं टाल दी गयी थीं

इस संबंध में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने द्वीट किया है उन्होंने कहा कि स्थितियां अनुकूल होने पर ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी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

दूसरा मरीज हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड का रहने वाला है

वहीं दसरी तरफ रांची के हिन्दपीढी में कल कोराना के संदिग्धों का पता लगाने के लिए पहुंची स्वास्थ्यकर्मियों की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार हिन्दपीढ़ी में शिविर लगाकर लोगों की जांच कराने पर विचार कर रही है ताकि स्वास्थ्यकर्भियों को लोगों के घर घर नहीं जाना पड़े मुख्यमंत्री ने हिन्दपीढ़ी के लोगों से अपील की है कि वे जांच में प्रशासन का सहयोग करें क्योंकि यह जांच उनकी सुरक्षा के लिए की जा रही है मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वीडियो कांफ्रेसिंग करने के बाद मीडिया के लोगों से बातचीत के दौरान ये बाते कहीं हजारीबाग के विष्णुगढ के करगालों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विमाग सक्रिय हो गया है गांव और उसके आसपास प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने में जूटा है उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि गांव के तीन किलोमीटर के रेडियस में सील कर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है सहिया व एएनएम लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं वहीं सात किलोमीटर के रेडियस में भी घेरा लगाकर कार्यवाही की जा रही है उपायुक्त डॉ सिंह व पुलिस अधीक्षक मयूर पटेल ने लोगों से संयभित होकर घर में ही रहने की अपील की

सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार ने भी कहा कि सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं हजारीबाग में ही कोरोना पॉजिटिव के मरीज का इलाज किया जाएगा उन्होंने कहा कि इसके लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार है कोरोना की वजह से लॉकडाउन घोषित होने से किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने धान खरीददारी की अवधि एक माह के लिए बढ़ा दी है

इससे पहले राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजे पत्र में राज्य में लक्ष्य के अनुरूप किसानों से धान की खरीद नहीं हो पाने की जानकारी दी थी इसके साथ ही धान की खरीददारी पूरा कैरने के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की थी इस वर्ष राज्य सरकार ने तीन लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था इसकी तूलना में दो लाख छत्तीस हजार टन धान की खरीददारी हुई है अभी तक धान की सबसे अधिक खरीददारी पूर्वी सिंहमूम जिले में हुई है इसके अलावा कोडरमा बोकारो और जामताड़ा में भी धान की खरीददारी लक्ष्य से नब्बे प्रतिशत से अधिक हुई है धान खरीददारी की सबसे खराब स्थिति गढ़वा जिले की है राज्य के आठ जिलों में पचास फीसदी से कम धान खरीदा गया है इन जिलों में लातेहार पलामू रामगढ़ खूंटी गोड़डा पाकुड़ और चतरा शामिल हैं

दोनों राज्यों की सीमा पर प्रलिस तैनात हैं बाजार से लेकर बसों के परिचालन पर रोक लगी हुई है झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र हेंटरगंज प्रखंड एवं बिहार राज्य के डोभी गया की पुलिस सीमावर्ती क्षेत्र पर लॉकडाउन का पालन करवाने में पूरी सख्ती बरत रही है जो लोग क्षेत्र में फंस गए हैउनको मेडिकल जांच के बाद ही कहीं जाने दिया जा रहा है वहीं खाद्य सामग्री एवं सब्जी लानेवालो वाहनों को छोड़ दिया जा रहा है अन्यत्र घूमने जानेवालों पर कड़ाई बरती जा रही है

संक्षिप्त खबरें लॉकडाउन की अवधि के दौरान समाप्त हो रही सभी स्वास्थ्य और थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम के भूगतान की अंतिम तारीख इक्कीस अप्रैल तक बढ़ा दी गयी है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यह घोषणा की